चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल भवन सहित प्रदेश के सभी अस्पताल परिसरों के रखरखाव को चाक चौबन्द करने के दिए निर्देश जोधपुर के संभागीय आयुक्त बी एल केठारी ने बाडमेर के जसोल हादसे की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी

गृह मंत्रालय की यह परियोजना अगले साल शुरू हो जाएगी यह सॉफ्टवेयर अपराधियों और लापता लोगों की पहचान करने के साथ साथ लावारिस शवों की वैज्ञानिक ढंग से तूरंत पहचान करने में एजेंसियों की मदद करेगा समाचार एजेंसी के अनुसार इस प्रणाली का क्रियान्वयन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा किया जा रहा है यह क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस का एक हिस्सा है जो अपराध और अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है

इसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा गौरतलब है कि कल देर रात तक इस पर लोकसभा में विचार हआ था बहस की श्रुआत करते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि रेलवे की स्थिति देयनीय है

सूक्ष्म लघू और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में कहा कि शहद उत्पादन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी शीघ्र मिलेंगे और एक समेकित योजना तैयार करेंगे

इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति और आई आई टी कानप्र के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे

उन्होंने नई दिल्ली में कल विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान सुधार करने और सभी तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिये जनसंख्या स्थिरीकरण जरूरी है उन्होंने परिवार नियोजन पर नए जागरुकता अभियान की शुरूआत करते हुए ज्ञान साझा करने के लिए सूचना और संचार के महत्व पर जोर दिया

उन्होंने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने और भर्ती मरीजों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है डॉ रघु शर्मा ने एसएमएस अस्पताल भवन में प्लास्टर गिरने की घटना को गंभीरता से लेते हुए अस्पतालों के पुराने भवनों की सघन जांच और उनके रखरखाव के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं

रिपोर्ट में हादसे के कारण और ऐसे हादसे फिर ना हो इसके लिये सुझाव दिए गए हैं

यह आरोपी काँलेज के प्रोफेसर का बेटा है उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर महिला प्रोफेसरों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की थी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाईट से महिला प्रोफेसरों के फोन नम्बर तत्काल हटा लिये थे

पत्र में वित्त मंत्रालय के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा गया है कि यदि यह परिपाटी बन गया तो मीडिया को किसी भी सरकारी दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि मीडिया के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय प्रेस परिषद से इस बारे में स्वतः संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया गया है

सूर्या देवा कल जयपूर में खनन क्षेत्र में व्यवसाय मानवाधिकार और उपचार की पहुंच पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे

संगोष्ठी में राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य डॉ एमके देवराजन ने कहा कि देशभर में खनन क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें उपचार के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए ताकि उनका मानवाधिकार सुरक्षित रहे